राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों के शव को ले जाने वाले निजी वाहनों का तय किया किराया जेईई नीट और एनडीए परीक्षार्थियों की मदद के लिए रांची में बनाए गए चार सहायता केंद्र परीक्षार्थियों को आवागमन की मिलेगी सुविधा

झारखण्ड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार सताइस नये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

राज्यभर में कल दस कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर चार सौ अड़तीस हो गयी है

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमितों के शव पहंचाने वाले निजी अस्पतालों के वाहनों और मोक्ष वाहनों का भी किराया तय कर दिया है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कल आदेश जारी कर दिया है इसके तहत निजी वाहन पांच सौ रुपये सेवा शुल्क ड्राइवर के लिए पीपीई शुट की कीमत सात सौ रुपये वाहन के सैनिटाइजेशन का शुल्क दो सौ रुपये और पहले दस किलोमीटर के लिए किराया पांच सौ रुपया निर्धारित किया गया है इस अनुसार पहले दस किलोमीटर तक सभी शुल्क मिलाकर अधिकतम एक हजार नौ सौ रुपये की दर निर्धारित की गयी है दस किलोमीटर की दूरी से अधिक होने पर नौ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लिया जा सकता है आदेश में कहा गया है कि मरीजों के शव ले जाने के लिए परिजन संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं जो वाहन की व्यवस्था करेंगे

बाराचट्टी की राजद विधायक समता देवी अपने सहयोगियों के साथ कल लालू प्रसाद से मिलने रांची पहुंचीं

विधायक समता देवी को उनके साथ दो बॉडीगार्ड और एक सहायिका को भी जिला प्रशासन ने क्वारंटीन किया है

इन जिलों में बोकारो धनबाद जामताड़ा कोडरमा लातेहार लोहरदगा पाकुड़ पलामू रामगढ़ साहिबगंज तथा सरायकेला खरसावां शामिल हैं

कोरोना के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने से इस बार सहिया द्वारा घर घर जाकर बच्चों को यह दवा दी जाएगी अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में कल राज्य समन्वय समिति की ऑनलाइन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया रांची के अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने कल रिम्स स्थित विभिन्न निजी व सरकारी कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने शारीरिक दूरी के नियमों हैंडवॉश मास्क सहित अन्य व्यवस्था देखी रिम्स कैंटीन के औचक निरीक्षण के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर व फूड क्वालिटी ऑफिसर भी साथ रहे एसडीओ ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिया कि सभी कैंटीन से फूड सैंपल इकहा कर जांच के लिए लैब में भेजें जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर कार्यालय को जानकारी देते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया

इन सहायता केंद्रों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है प्रतिनियुक्त कर्मी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहंचाने के लिए समन्वय स्थापित कर समुचित व्यवस्था करेंगे

नयी दिल्ली से रांची आनेवाली राजधानी एक्सप्रेस आज सुबह छह बजकर चालीस मिनट से डालटनगंज स्टेशन पर खड़ी है बताया जा रहा है कि लातेहार के टोरी स्टेशन पर विभिन्न मांगों को लेकर टाना भगतों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है टाना भगत जमीन की लगान रसीद और भूमि पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर पिछले तेरह घंटे से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं वहीं रेल प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से टाना भगतों को समझाया बुझाया जा रहा है इस कारण एहतियात के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस को डालटनगंज स्टेशन पर रोका गया है और यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है

ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता देश की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गये हैं इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में पबजी मोबाइल नार्डिक मेप लिविक पबजी मोबाइल लाइट वीचैट वर्क वीचैट रीडिंग साइबर हंटर लाइफ आफ्टर और वारपथ प्रमुख हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थीं कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोगों से जुड़ी सूचनाओं के साथ हेराफेरी कर रहे हैं और उसे लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और संरक्षा को क्षति पहुंच रही थी बोकारो जिला में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है

रांची जिले के अनगड़ा प्रखंड स्थित हंडरू फॉल सहित झारखंड के सभी जलप्रपातों को कल से खोल दिया गया लॉकडाउन के नियमों के तहत पर्यटक हंडरू फॉल सीता फॉल दशम फॉल जोन्हा फॉल हिरणी फॉल पंचघाघ फॉल की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं झारखंड पर्यटन विकास निगम जेटीडीसी ने जलप्रपात को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है

विभाग द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन फॉल के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा साथ ही पर्यटकों की स्क्रीनिंग की जाएगी

संक्षिप्त खबरें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को कैंडर चयन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई अदालत ने इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है मनरेगा कर्मियों की मांगों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज बैठक बुलाई है बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की सचिव मनरेगा आयुक्त और मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे

गोड्डा जिले में पिछले दो दिनों में आत्महत्या के तीन मामले सामने आए हैं कल रात पथरगामा मुख्य बाजार के एक युवक ने आत्महत्या कर ली वहीं दूसरी ओर पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में एक किशोर ने जहर खाकर जान दे दी